उन्होंने आज शिमला के साथ लगती आनन्दपुर पंचायत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान के शुभारम्भ पर ये जानकारी दी वन मंत्री ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल देश की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है वन मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों से भी पौधरोपण अभियान से जुड़ने का आह्वान किया आईटीबीपी उधर लाहौल स्पीति ज़िले के कारगा में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पौधरोपण अभियान चलाया संगठन के चौकी प्रभारी राजेन्द्र पाल ने बताया कि इस मुहिम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों के हितों की सुरक्षा और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है पालमपुर क्षेत्र के ननाओं में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने असहाय ज़रूरतमंद और निर्धन लोगों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र का सर्वागीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है इस दौरान उन्होंने नई सृजित सुलह सब तहसील का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द आरम्भ करने के निर्देश दिए

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज मण्डी जिले के करसोग में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रूके हुए विकास को गति देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है

वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टेरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है बस ऑपरेटर प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स संघ ने स्पष्ट किया है कि संघ किराया बढ़ाने को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं बना रहा है संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि बस ऑपरेटर्स भी किराए में वृद्धि की मांग कर जनता पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते हैं लेकिन आर्थिक नुकसान के चलते वे अधिक दिन बस सेवाएं देने में भी सक्षम नहीं हैं संघ ने सरकार से निजी बस ऑपरेटरों को आर्थिक सहायता देने और डीज़ल सब्सिडी आधार पर मुहैया करवाने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके भाजयुमो प्रदेश भाजपा महासचिव और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसदीय क्षेत्र के युवा मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रदेश की राजनीति की धुरी है ऐसे में स्थानीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अधिक ज़िम्मेदारी से कार्य करने की ज़रूरत है

किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में सेब बागीचों में फैल रही विभिन्न बीमारियों पर गम्भीर चिंता जताई है किसान सभा के वित्त सचिव संजय चौहान ने बताया कि सेब बागीचों में इन दिनों स्कैब असामयिक पतझड़ माईट और वूली एफिड जैसी बीमारियां फैल रही हैं जिनकी रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए बागवानों को समय रहते कीटनाशक और अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपदान पर उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है गरीब कल्याण कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देशभर में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है लाहौल स्पीति ज़िले में भी पैकेज से लोग लाभ ले रहे हैं